मौसम विभाग ने कहा प्रदेश में अगले एक महीने तक सक्रिय रहेगा मानसून आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में राज्य सरकार ने बीते कुछ महीनों के दौरान चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जिला स्तर तक कर दिया है अब मरीजों का जीवन बचाने के लिए इन सभी उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक सतर्कता बरतते हुए आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले कोरोना मरीजों की देखभाल का जिम्मा सर्वाधिक योग्य अनुभवी और सतर्क चिकित्सकों और नर्सिंगकर्मियों को दिया जाए

लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे उत्पादकता बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति तेज होगी तथा युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे

उन्होंने राज्य में एक सड़क सुरक्षा परियोजना का भी उदघाटन किया

पंडित जसराज का संगीत का सफर करीब आठ दशक का रहा हालांकि वे मेवाती घराने से थे लेकिन उन्हें खयालकी परम्परागत गायकी और ठुमरी के लिए भी जाना जाता है पंडित जसराज ने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई में आवाज दी थी भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के निधन पर द्ख व्यक्त किया है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुश्किल समय में भी राजस्थान में विकास का माहौल बना हुआ है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयासरत है

श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी को मुश्किलें आई और क्छ कार्यों की गति धीमी रही लेकिन प्रदेश में बेहतर प्रबंधन कर राज्य सरकार ने विकास को रूकने नहीं दिया

उन्होंने जयपुर कोटा और अजमेर में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए उन्होंने सभी जिला कलक्टर्स को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयारी रखने को कहा श्री गहलोत ने आन्ध्र प्रदेश की तर्ज पर कैचमेन्ट एरिया में छोटे छोटे बांध बनाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

पिछले एक सप्ताह में राज्य में हुई अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक शुरु हो गयी है

चूरू और नागौर में सामान्य से अधिक वर्षा हई है आने वाले समय में प्रदेश में सामान्य बारिश रहने की संभावना है